मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा केन्द्र और प्रदेश की सरकार किसानों को स्वावलम्बी बनाने की दिशा में कर रही है निरंतर प्रयास केन्द्रीय और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि दूरदर्शन की सबसे बड़ी खूबी उसकी विश्वसनीयता प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की दस्तक आगामी दो दिनों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी स्थानों पर बारिश होने की संभावना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल चालीस से अधिक अर्थशास्त्रियों और अन्य विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श किया

बैठक का विषय था आर्थिक नीति मविष्य की राह प्रतिभागियों ने वृहद अर्थ व्यवस्था और रोजगार क्रृपि और जल संसाधन निर्यात शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी विषयों के आर्थिक पहलुओं पर चर्चा की बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और राव इंद्रजीत सिंह सहित नीति आयोग के उपाय्यक्ष राजीव कुमार और केंद्र सरकार तथा नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे उधर केंद्रीय बजट दो हजार उन्नीस बीस के दस्तावजों का प्रकाशन कल से पारंपारिक हलवा समारोह के साथ शुरू हुआ नई दिल्ली के नार्थ ब्लाक में आयोजित इस समारोह में वित्त मंत्री निर्मला सीमारामन के साथ वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर शामिल हुए वित्त सचिव सहित केंद्रीय बजट प्रकाशन से संबंधित वित्त मंत्रालय में अन्य सचिव भी इस अवसर पर मौजूद थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन यानी कल मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित प्रगतिशील किसान सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया सम्मेलन में किसानों को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र और प्रदेश की सरकार किसानों को स्वावलम्बी बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों के लिए पाँच वर्षो के दौरान बहत सी योजनायें लागू की हैं जिसमें फसल बीमा योजना के अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को छः हजार प्रतिवर्ष देने की घोषणा की गयी है मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को स्वायल हेल्थ कार्ड के माध्यम से मिट्टी की जाँच कराकर खेती करनी चाहिए विगत दो वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने साढ़े तीन करोड़ से अधिक किसान तक सॉइल हेल्थ कार्ड पहुंचाने का कार्य किया जिससे हर किसान को इस बात की जानकारी हो सके कि उसकी इस खेती में किस तत्व की कमी है और इसकी आपूर्ति हम कैसे कर सकते है

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा वर्षों के बाद पहली बार हो पाया केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री स्रृति ईरानी ने कल अमेठी के राजा विश्वनाथ सिंह इण्टर कालेज में जनकल्याण की कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया इस अवसर पर उनके साथ प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और जिला प्रभारी मंत्री मोहसिन रजा भी थे अमेठी से सांसद चुने जाने के बाद पहली बार जिले के दो दिवसीय दौरे पर पहुंची स्मृति ईरानी ने कल यहाँ सबसे पहले दिवंगत भाजपा नेता व पूर्व प्रधान सुरेन्द्र सिंह के घर बरौलिया के अमरबोझा गाँव में उनके परिवार के लोगों से मुलाकात की इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि अमेठी का विकास अब उनकी जिम्मेदारी है स्मृति ईरानी अमेठी दौरे के दूसरे दिन आज अमेठी और रायबरेली में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में भाग लेगी वस्तु और सेवाकर यानी जीएसटी परिषद ने पंजीकरण के नियमों को सरल बना दिया है जीएसटी के तहत व्यापार के पंजीकरण के लिए अब आधार का उपयोग किया जाएगा पहले लोगों को अनेक दस्तावेज जमा करने होते थे अब आधार के इस्तेमाल से व्यापारियों को अनेक लाभ होंगे वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने परिषद की पैंतसवीं बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए नई दिल्ली में कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई उन्होंने कहा कि कर्नाटक मिजोरम और तेलंगाना के वित्तमंत्री अपने पहले से निर्धारित कार्यक्रम के कारण बैठक में भाग नहीं ले सके

इसके साथ ही विधानसभा सचिवालय ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुवे ने अधिसूचना में कहा है कि राज्यपाल ने अट्ठारह जुलाई को सुबह ग्यारह बजे से विधानमंडल का सत्र विधान भवन में आहूत किया है केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि दूरदर्शन की सबसे बड़ी खूबी उसकी विश्वसनीयता है और दूरदर्शन सबसे बड़ा डीटीएच ऑपरेटर है जिसके माध्यम से देशभर में लाखों लोगों तक कार्यक्रम पहुंच रहे हैं श्रीनगर में कल निशुल्क दूरदर्शन डिश सेटटॉप बॉक्स बांटने के लिए आयोजित समारोह में श्री जावड़ेकर ने कहा कि देशभर में लगभग हर भाषा के सात सौ से ज्यादा टीवी चैनल काम कर रहे हैं उन्होंने कहा कि इस समय नौ करोड़ टेलीविजन डीटीएच से जुड़े हैं प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि सरकार पूरे देश में निशुत्क डीटीएच सेटटॉप बॉक्स बांट रही है देरामर में जहां दूर दराज का एरिया है सीमा पर है या लेफ्टविंग एक्सविजम का एरिया है जहां टीवी के डीटीएच ऑफरेटरस भी नहीं पहंचते जहां लोगों को कनेक्टिविटी नहीं मिलती ऐसे दूर दराज के क्षेत्रों में मुफ्त में डीटीएच का ये सेटटॉप बॉक्स लोगों को दिया जायेगा तो उनको सी चैनल भी मुफ्त दिखेंगे और एंटरटेनमेंट ये दोनों उनके पास आ जाएंगे भारतीय जनता पार्टी देशभर में आगामी छः जुलाई से व्यापक सदस्यता अभियान छेड़ेगी जो ग्यारह अगस्त तक चलेगा पार्टी के राष्ट्रीय सदस्यता अभियान के प्रमुख और मक्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि इस अभियान के दौरान पार्टी समाज के उन तबकों तक अपनी पहंच बनाने का प्रयास करेगी जो अभी तक पार्टी से नहीं जुड़ सके हैं उन्होंने बताया कि यह अभियान देशभर में दस लाख बूथों पर चलाया जायेगा उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य पार्टी को सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी बनाना है उत्तर प्रदेश में पार्टी के सदस्यता अभियान के बारे में जानकारी देते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हरीश्व चन्द्र श्रीवास्तव ने बताया कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल पार्टी के एक करोड़ अस्सी लाख से ज्यादा सदस्य हैं और इस सदस्यता अभियान के दौरान इस ऑकड़े में बीस फीसदी की बढ़ोत्तरी का लक्ष्य रहेगा भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन को सर्वस्पर्शी और सर्व व्यापकता प्रदान करने के लिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक सदस्यता अभियान प्रारम्भ किया जो छः जुलाई से आरम्भ होगा और ग्यारह अगस्त तक उसका समापन होगा उत्तर प्रदेश में समी एक लाख तिरसठ हजार दूथों तक यह सदस्यता अभियान जायेगा और बीस प्रतिशत जो सदस्यता अधिक करने की बात है जो हमारी सदस्यता पौने दो करोड़ के आसपास उसको बीस प्रतिशत करीब हर बूथ पर अधिक सदस्यता की जानी है नये सदस्य बनाये जाने है तो इस तरह से एक भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है सर्वस्पशी और सर्वव्यापक संगठन बनाने का उस दिशा में संगठन तेजी से काम करेगा प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है

मानसून बहुत तेजी से बढ़ा है और यह ईस्ट उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आ चुका है जो साउथ वेस्ट मानसून है यह बनारस और गोरखपुर तक पहुंच चुका है अगले एक दो दिनों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में बरसात होगी

इस बीच प्रदेश के पूर्वी जिलों में कल कई स्थानों पर पूरे दिन बारिश हुई और कई स्थानों पर दिनभर बादल छाये रहे जिससे लोगों ने तपती गर्मी से राहत महसूस की लंबे समय से फरार चल रहे दुराचार के आरोपी और प्रदेश के घोसी लोकसभा क्षेत्र से बसपा के नवनिर्वाचित सांसद अतुल राय ने कल वाराणसी में मृख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया अतुल राय लोकसभा चुनाव प्रचार के समय से ही फरार चल रहे थे अदालत ने उन्हें चौदह दिन की न्यायिक हिरासत में जेल मेज दिया है अतुल राय ने अंतरिम जमानत के लिए निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगाई थी लेकिन हर जगह उन्हें निराशा हाथ लगी

पिछले माह मई में उनके खिलाफ वाराणसी की एक छात्रा ने लंका थाने में दुराचार का मुकदमा दर्ज कराया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल में एक ट्यूबवेल में करेंट आने से हुई चार बच्चों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है संभल के तैतिया गांव के एक ट्यूबवेल में करेंट आने से चार बच्चों की मौत हो गई थी